मंत्रिमण्डल ने पूर्वोत्तर परिषद को आवंटित राशि में से तीस प्रतिशत राशि नई परियोजनाओं में लगाने को मंजूरी दे दी है इससे वंचित क्षेत्रों समाज के उपेक्षित वर्गों और उभरते प्राथमिक क्षेत्रों के विकास में मदद मिलेगी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में नोवेल कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ तैयारियों का जायजा लिया

इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने चीन में फैले कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए देश के नागरिकों को अपरिहार्य कारणों के अलावा चीन यात्रा से बचने का परामर्श जारी किया है इसमें चीन से आने वाले सभी यात्रियों को अपने स्वास्थ्य पर बारीकी से निगाह रखने को भी कहा गया है मंत्रालय ने आज वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक की और इस दिशा में किए जा रहे उपायों की समीक्षा की प्रदेश सरकार कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए विशेष सतर्कता बरत रही है

इन गांवों में कोरोना वायरस की जानकारी देने के लिये स्वास्थ्य विभाग द्वारा दस टीमें गठित की गई है और एक मोबाइल यूनिट भी तैनात की गई है इस बीच आयूष मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षणों के दौरान यूनानी दवाएं काफी लाभकारी होतो हैं मंत्रालय ने लोगों को व्यक्तिगत सफाई रखने साब्न से हाथ धोने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है साथ ही बिना धुले हाथों से आंख नाक और मुंह को छूने से बचने को भी कहा गया है स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस के लक्षणों के बारे में लोगों से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नम्बर पर स्वयं जानकारी देने का आग्रह किया है उन्होंने कहा कि इस संबंध में चौबीसों घंटे एक कॉल सेंटर कार्य कर रहा है

देश में एनआईवी पूणे के बाद चार और स्थानों पर वायरस के टेस्टिंग के लिए फैसीलिटीज क्रिएट कर दी गई है और आने वाले कुछ ही दिनों में ये दस स्थानों पर वायरस को टेस्ट करने की फैसीलिटीज होगी

पांच फरवरी से नौ फरवरी तक चलने वाले डिफेंस एक्सपो में सेना के जवान अपनी जाबाजी का प्रदर्शन करेंगे

मध्य कमान की जन सम्पक विभाग अधिकारी गार्गी मलिक सिन्हा ने कल लखनऊ में एक प्रेसवार्ता में बताया कि डिफेंस एक्सपो भारतीय रक्षा उद्योग को अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने और अपनी निर्यात क्षमता को बढ़ावा देने के लिये एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करेगा डिफेंस एक्सपो के दौरान विभिन्न कम्पनियों द्वारा बनाये गये उत्पादों की लांचिंग होगी और तीस से ज्यादा एमओयू पर हस्ताक्षर किये जायेंगे साथ ही भारतीय सेना की ताकत दिखाने वाले लाइव शो का भी आयोजन किया जायेगा

इसमें लगभग डेढ़ सौ प्रदर्शक विदेशी है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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गंगा नदी आस्था का प्रतीक होने के साथ ही देश के विकास और समृद्धि का प्रतीक भी है गंगा को अविरल और स्वच्छ बनाने की दिशा में शुरू हुई गंगा यात्रा के आज मिर्जापुर जनपद पहुंचने पर मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा को निर्मल और स्वच्छ बनाये रखने के लिये हम सभी को मिलकर काम करना होगा श्री योगी ने कहा कि गंगा के किनारे बसे तटवर्ती गांवों में गंगा उद्यान की स्थापना कर सघन वृक्षारोपण अभियान चलाया जायेगा उन्होंने कहा कि गंगा के तटीय इलाकों में इको टूरिज्म वॉटर स्पोर्ट्स और नौकायन को पीपोपी मॉडल पर संचालित करने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है इससे पूर्व आज सुबह मिर्जापुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माँ विन्ध्यवासिनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद विन्ध्याचल स्थित अमरावती चौराहे पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई की प्रतिमा का अनावरण भी किया बस्ती जिले में कल से शुरू हुए पांच दिवसीय बस्ती महोत्सव का उदघाटन विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह महोत्सव सांस्कृतिक विरासतों को संजोय रखने और सरकार की विभिन्न योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का माध्यम है एक रिपोर्ट पांच दिवसीय बस्ती महोत्सव में विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी लगायी गई हैं जिसमें सरकार की विभिन्न योजनाओं की विस्तार से जानकारी आमजन को दी जा रही है

महोत्सव में बच्चों के मनोरंजन के लिये खास इंतजाम किये गये हैं महोत्सव के पहले दिन कल कवि कुमार विश्वास ने अपनी कविताओं से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया वहीं बस्ती के स्थानीय कलाकारों को भी इस महोत्सव के माध्यम से अपना हुनर दिखाने का मौका मिल रहा है जबकि महोत्सव में दूसरे दिन मथुरा के कलाकारों द्वारा ब्रज के होली का कार्यक्रम किया अमित कुमार सिंह आकाशवाणी समाचार बस्ती महोत्सव में भाजपा के सांसद हरीश द्विवेदी सहित सभी विधायक और हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे प्रदेश में आज कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है संभल हापुड पीलीभीत बदायूं मुरादाबाद और हमीरपुर जनपद में आज सुबह से हो रही बारिश के चलते सर्दी में इजाफा हुआ है बरेली में बारिश के कारण तापमान सामान्य से चार डिग्री सेल्सियस कम रहा एक रिपोर्ट कुछ दिन ठंड से राहत मिलने के बाद एक बार फिर मौसम ने करवट बदल ली है आज सुबह से बरेली में रुक रुक कर हो रही बारिश ने एक बार फिर ठिवुरन बढ़ा दी है

आज मौसम में हुए बदलाव के बाद आसमान में बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों को एक बार फिर ठंड का सामना करना पड़ रहा है नाजिया अंजुम आकाशवाणी समाचार बरेली

खेता में जलभराव होने से गेहूँ की फसल को नुकसान होने की संभावना बनी हुई है एक रिपोर्ट माघ महीने में भादौ की तरह हो रही बरसात ने जहाँ सर्दी में इजाफा किया है वहीं दलहनी तिलहनी और सब्जी की फसलें खराब हो रहीं हैं अब गेहूं की फसल में भी नुकसान होने की आशंका से किसान सहमे हुए हैं सबसे अधिक खतरा उन निचले खेतों में हैं जहां बरसात का पानी भर गया है पिछेती गेहूं को काफी अधिक नुकसान होना बताया जा रहा है दूसरा पहलू यह है कि यह पहला मौका है जब रबी सीजन में पांचवीं बार बरसात हुई और किसानों को गेहूं में कोई पानी नहीं लगाना पड़ा